ग़ह प्रवेशम् कार्यक्रम प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निर्मित एक लाख नवीन आवासों में हितग्राहियों को कल एक साथ गृह प्रवेश करवाया जायेगा बसंत ांचमी के अवसर र केन्द्रीय ग़्ह मंत्री अमित शाह ग़्ह प्रवेशम् कार्यक्रम में हितग्राहियों के नवीन आवासों का ऑनलाइन लोकार्रण करेंगे

इस मौके र केन्द्रीय मंत्री और म्ख्यमंत्री हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति र्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों र प्रकाश डाला था

शरेषण की हानि को रोकने में सफलता मिलेगी

कृषि एवं चिकित्सा के शाठ्यक्रम संचालित करने सहित विभिन्न नवाचारों के लिए प्री मदद की जाएगी

उन्होंने कहा कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में निर्मित होने वाले मल्टी र्यज भवन का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम से किया जाएगा

श्री गेहलोत ने स्थानीय लोगों की समस्याओं भी स्नी

रविचन्द्रन अश्विन ने एक और अक्षर टेल ने दो विकेट लिए

दो हर में क्छ देर हल्की बूंदा बांदी भी हई

यहाँ ग्रामीणों ने जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को अ नाने का संकल लिया

गाड़ियों की रफ्तार को कम करने के लिए यहाँ रेत की बोरियां रखी गयी है